अब समाचार विस्तार से सेना प्रमुख सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सशक्त कुशल और कठिन परिश्रम के लिये तत्पर सैन्य बल की वकालत की है जो किसी भी चुनौती पर तुरन्त विजय हासिल कर सके जनरल रावत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां अधिक से अधिक जटिल होती जा रही हैं इसे देखते हुए प्रत्येक नागरिक को भी देश की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए जनरल रावत कल मुंबई में मनोहर पर्रिकर स्मारक व्याख्यान दे रहे थे सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि उरी और पुलवामा आतंकी हमलों पर भारत की कार्रवाई काफी संटीक और प्रभावी थी कार्न फेस्टिवल छिन्दवाड़ा में आज से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा इसके माध्यम से किसानों को मक्का उत्पादन के लिये प्रेरित किया जाएगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार फेस्टिवल में देशभर से मक्का उत्पादन एवं उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक मक्का आधारित उत्पादों के विकास पर अपने अनुभव साझा करेंगे नेट परीक्षा संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आज असम और मेघालय को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से बताया गया है कि दोनों राज्यों में मौजूदा स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है अन्य राज्यों में परीक्षा आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी असम और मेघालय के लिए संशोधित परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी प्रतिभा पर्व प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में आयोजित किया गया तीन दिवसीय प्रतिभा पर्व कल संपन्न हो गया शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्व के अंतिम दिन जिले की सभी शालाओं में वार्षिकोत्सव मनाया गया इस उत्सव में बच्चों की सांस्कृतिक और खेल कूद गतिविधियाँ आयोजित की गई वार्षिकोत्सव में बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए

प्रतिभा पर्व के माध्यम से बच्चों का अर्द्ववार्षिक मूल्यांकन और शालेय व्यवस्था का आंकलन करना है वहीं अशोकनगर जिले में भी अधिकारियों ने शालाओं में पहुंचकर बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को परखा गुना रतलाम धार छिंदवाड़ा आगरमालवा बड़वानी डिण्डौरी और नरसिंहपुर सहित सभी जिलों में प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब दिवटर और फेसब्रक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सून सकते हैं विजय दिवस विजय दिवस कल हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाएगा इस अवसर पर प्रमुख शासकीय कार्यालयों को आकर्षक विद्युत रौशनी से सजाया जाएगा भोपाल स्थित शौर्य स्मारक परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ और जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा शामिल होंगे

कवि सम्मेलन में राहत इंदौरी कुमार विश्वास संपत सरल रास बिहारी गौड़ कर्नल वीपी सिंह जैसे विख्यात कवि अपनी रेचनाओं की प्रस्तुति देंगे

इसे दिन के महत्व को चिरस्थायी बनाने के लिये विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है

श्री मरकाम इस सत्र में मध्यप्रदेश की आदिवासी बोलियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे इस सत्र का उद्देश्य लोक भाषाएं बोलने वाले जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिये नई साझेदारी सुनिश्चित करना है इस एक दिवसीय सत्र में लोक भाषाओं की विश्व में स्थिति उनके संरक्षण की चुनौती और उन्हें बढ़ावा दिये जाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा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

वहीं डिण्डौरी में भी देर रात तक वर्षा का दौर जारी रहा बारिश की वजह से ठण्ड का असर बढ़ गया है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है ग्वालियर में धूंध के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा

मौसम विभाग ने एक दो दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया है इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं